मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस ट्कड़ी से सलामी ली

उन्होंने प्रदेश के लोगों से मिल रहे सहयोग से उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश शीघ ही पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त होगा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज नगर निगम महापौर सत्या कौंडल मुख्य सचिव अनिल खाची उपायुक्त अभित कश्यप और पुलिस महानिदशक एस आर मरड़ी भी इस मौके मौजूद रहे उधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल दिवस पर राजभवन में तिरंगा फहराया उन्होंने लोगो के सुखद व सफल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि प्रदेश हमेशा विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर इसका उपयोग करने का आग्रह किया है राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने स्वयं मी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड की है और इस ऐप को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उदेश्य से विकसित किया गया है

उन्होंने कहा ँ कि कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश सरकार सभी जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने का प्रयास कर रही है वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा किसानों व अन्य लोगों को संशर्त पास जारी किए जा रहे है और पास के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए

इस पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने इस बात पर बल दिया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के जरिए लागू प्रतिबंधों की सख्त अनुपालना और इनका जनहित में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए सार्वजनकि स्थलों पर थ्रकने पर जुर्माना लगेगा और शराब गुटखा तथा तंबाकू जैसी वस्तुओं की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा केंद्र ने सभी कार्य स्थलों में उपयुक्त स्थानों पर तापमान जांचने और सेनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है कार्यस्थलों पर प्रत्येक शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतर होना चाहिए साथ ही सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए अलग अलग समय पर भोजन अवकाश होना चाहिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा गया है पैंशन शिमला जिला में मशोबरा ब्लॉक के बुज़्गों विधवाओं और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को ग्रामीण डाकघरों के कर्मचारी घर घर जाकर समाजिक सुरक्षा पैंशन वितरित कर रहे है लॉकडाउन के चलते घर पर पैंशन मिलने से बुजुर्ग लोग बेहद खुश हैं ग्रामीण डाकपाल सीमा ठाकुर ने बताया कि पीरन पंचायत में वर्तमान में दो सौ पैंशन धारक हैं उन्होंने कहा कि पैंशन बांटते हुए डाकघर के कर्मचारी सोशल डिस्टेसिंग का प्रा ध्यान रख रहे हैं और मास्क व सेनिटाईजर का उपयोग भी कर रहे हैं जियालाल कपूर भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र से विधायक जियालाल कपूर ने चंबा कुल्लू और कांगडा जिले में फंसे पांगी निवासियों को राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से वाया रोहतांग किलाड़ पहुंचाने की सरकार से मांग की है उन्होंने कहा कि घाटी के कई किसान व बागवान लॉकडाउन के कारण बाहरी क्षेत्रों में फंसे हैं और इन दिनों पांगी उपमंडल में कृषि बागवानी का सीजन जोरों पर है ऐसे में उन्हें समय पर घाटी पहुंचाया जाए जियालाल कपूर ने कहा कि ्कोरोना महामारी के चलते जम्मू किश्तवाड़ मार्ग से आवाजाही बंद है और साच पास खुलने में भी अभी समय लगेगा कपूर ने दूरभाष के माध्यम से मुख्यमंत्री से बाहरी क्षेत्रों में फंसे लोगों को पांगी पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है सरकार फिटनेस फिट इंडिया और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लॉकडाउन के दूसरे चरण में स्कूली विद्यार्थियों के लिए लाइव फिटनेस सत्र आयोजित कर रहे हैं ये कार्यक्रम आज से शुरू हो गए हैं और विद्यार्थी सीबीएसई व फिट इंडिया मूवमेंट के फेसबुक तथा इंस्टाग्राम हैण्डल पर लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने संबंधी आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों की जानकारी दी जा रही है